हर दूसरे वर्ष होने वाली यह ग्यारहवीं रक्षा प्रदर्शनी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे इस प्रदर्शनी में सत्तर से ज्यादा देश हिस्सा लेंगे यह प्रदर्शनी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनियों के अनुरूप होगी हमारे संवाददाता ने बताया है कि केन्द्र सरकार ने प्रदेश में छह प्रमुख स्थानों को चिन्हित करते हए डिफेंस इंडस्ट्रियल कारिडोर बनाने का फैसला किया है इस संबंध में एक रक्षा योजना समिति का भी गठन किया गया है इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने डिफेंस कारिडोर से जुड़े इलाकों के साथ साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला लिया जिससे रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में देश को स्वावलंबी बनने में मदद मिल सके आशा है कि डिफेंस एक्सपो का आयोजन पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में नई तकनीक और निवेश को प्रोत्साहित करेगा केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने नोवेल कोरोना वायरस से निपटने के लिए तैयारियों की वीडियो कांफ्रेस के जरिये राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ समीक्षा की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

इसके अतिरिक्त चीन की यात्रा के लिए ई वीजा स्विधाओं को अस्थायी रूप से रोका गया है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि प्रदेश सरकार कोरोना वायरस की चुनौती से निपटने के लिये पूरी तरह तैयार है और इस दिशा में हर सम्मव एहतियाती कदम उठाये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी हवाई अड़डों पर विकित्सकों की टीम सतर्कता बरत रही है प्रदेश के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाये गये हैं उन्होंने कहा कि नेपाल से लगी सीमा पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कल से लखनऊ में आयोजित होने वाली रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेने के लिये विदेश से आने वाले लोगों के स्वास्थ्य की भी जांच की जाएगी इसके लिये स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सजग है चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार थोड़ी सी सावधानी बरतने से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है भारतीय चिकित्सा परिषद के पूर्व महासचिव डॉक्टर नरेन्द्र कुमार सैनी ने बताया कि संक्रमण से बचाव के लिये स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोयें और अपने आसपास भी साफ सफाई रखें उन्होंने कहा कि सब्जियों और फलों को अच्छी तरह पानी से धोकर ही इस्तेमाल करें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 उनसे पूछा गया था कि क्या सरकार के पास देश भर में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर शुरू करने की कोई योजना है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 उन्होंने बताया कि इलाज कराने वाले कल अस्सी लाख में से करीब उन्वास लाख मरीजों को सरकारी अस्पतालों में भर्ती किया गया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

इस अवसर पर राशन पेंशन अवैध कब्जों भूमि विवाद से जुड़ी कुल एक सौ उनसठ शिकायतें आईं जिनमें से आठ का मौके पर निस्तारण किया गया जिलाधिकारी ने शेष शिकायती प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारियों को देते हुए उनके जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दिए जिलाधिकारी ने कहा कि जनता की समस्याओं का निराकरण सरकार की प्राथमिकताओं में से है उन्होंने शिकायतों के निपटारे के लिए राजस्व विमाग और पुलिस विभाग को संयुक्त टीम बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए इस दौरान एसडीएम अन्नपूर्णा गर्ग बीएसए शिवनारायण सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे